प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची चार हजार से ऊपर

ये निर्देश रेडजोन में भी लागू होंगे हालांकि सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर थूकने या धूम्रपान पर रोक जारी रहेगी वहीं सरकार ने रेड जोन में सार्वजनिक पार्को टैक्सी और कैब सेवा को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बारे में नये आदेश जारी कर दिये गये है उन्होंने बताया कि रेड जोन में भी पार्क सुबह सात बजे से शाम पोने सात बजे तक खुले रहेंगे पार्क में ओपन जिम और झूलों पर रोक रहेगी वहीं वॉकिंग जोगिंग और एक्सरसाईज की जा सकेगी हालांकि पार्क में बने पूजा स्थल नहीं खुलेंगे उन्होंने बताया कि ठेला कियोस्क छोटी दुकान के माध्यम से खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति दी गयी है हालांकि उन्हें कुछ शर्तो का पालन करना होगा इन लोगों को साफ सफाई और कचरा संग्रहण का इंतजाम करना होगा वही सरकार की गाईडलाईन की भी पालना करनी होगी नगर निगम और नगर पालिका इसका विशेष ध्यान रखेंगे

राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर इस चरण में अन्य स्थानों को भी जोडा जायेगा

खाडी देशों से ज्यादातर उडाने कैरल के लिए है अन्य स्थानों में जयपुर भी शामिल है

बीकानेर से बिहार जाने वाली यह दूसरी विशेष ट्रेन है

वहीं कल मधुबनी के यात्रियों को लेकर रेलगाडी बिहार जायेगी

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इस पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने एक ट्वीट में सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें

श्री राठौड ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लॉकडाडन के समय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाई है प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है उन्होंने कहा कि अब कोरोना ने ग्रामीण ईलाकों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए है दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में जो प्रवासी आ रहे है उनके लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है श्री राठौड ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार टिड्डी दल के नियंत्रण में भी नाकाम रही है

आरोपी ने नाथद्वारा की एक फर्म से ग्रेनाईट से भरी गाड़ी छोडने और कागजात लौटाने की एवज में रिश्वत मांगी थी

लोग शीतल पेय पदार्थो का सेवन कर गर्मी से बचाव का उपाय कर रहे है

जोधपुर बीकानेर जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक लू की भी चेतावनी दी है

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढते तापमान और लू के हालात को देखते हुए लोगों से घर में ही रहने की अपील की है